प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी आज गुजरात में केवडिया में स्टच्यू ऑफ यूनिटी पर सरदार वल्लम भाई पटेल को श्रद्दाजंलि अर्पित करेंगे वे एकता दिवस परेड में भी शामिल होंगे प्रदेशमर में भी सरदार पटेल की जयंती पर कई कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे है राजधानी जयपुर में रन फॉर यूनिटी का आयोजन किया गया जेएलएन मार्ग पर स्थित शिक्षा संकूल से गांधी सर्किल तक एकता के लिए दौड लगाई गई जयपुर में भाजपा की ओर से भी रन फोर यूनिटी का आयोजन किया गया इसमें पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया शामिल हुए उधर उत्तर पश्चिम रेलवे स्पोर्ट्स एसोसिएशन द्वारा भी जयपुर में जवाहर सर्किल पर एकता दौड़ का आयोजन किया गया बाडमेर जालोर बांसवाडा दौसा चूरू और प्रतापगढ़ सहित कई जिलों से भी रन फोर यूनिटी के समाचार मिल रहे है केन्द्र सरकार सरदार वल्लभभाई पटेल के नाम पर सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार शुरू करेगी यह पुरस्कार राष्ट्रीय एकता और अखंडता को बढ़ावा देने में उल्लेखनीय तथा प्रेरणादायक योगदान को मान्यता प्रदान करने तथा भारत को मजबूत और एकजुट बनाने के लिए दिया जायेगा पुरस्कार की घोषणा सरदार पटेल की जयंती राष्ट्रीय एकता दिवस के अवसर पर आज की जायेगी

ये हडताल बेस एम्बूलेन्स सेवा के संचालन के लिए निकाली गई नई निविदा के विरोध में की जा रही है

यह जानकारी राजस्थान एम्बुलेंस कर्मचारी संघ के प्रदेशाध्यक्ष वीरेन्द्र सिंह शेखावत ने दी

राजस्थान उच्च न्यायालय ने अलवर के पहलू खां मॉब लिंचिंग मामले में पहलू खां और उनके परिवार के खिलाफ दर्ज प्राथमिकी को रद्द करने के आदेश दिए है

न्यायालय ने गौ तस्करी के आरोपो को साबित नहीं मानते हुए प्राथमिकी को रद्द कर दिया चिकित्सा और स्वास्थ्य मंत्री डॉ रघ् शर्मा ने प्रदेश में मौसमी बीमारियों की रोकथाम के लिए आवश्यक दिशा निर्देश दिए है वे कल विडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से इसे लेकर जिलेवार समीक्षा कर रहे थे उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि प्रभावित क्षेत्रों में एनटीलार्वा गतिविधियां चलाई जाऐं उन्होंने निःशुल्क दवा और जांच सेवाओं को मजबूत करने के निर्देश भी दिए जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग के सचिव संदीप वर्मा ने कल जयपूर में विभागीय अधिकारियों के साथ बैठक में मुख्यमंत्री बजट घोषणा और जल जीवन मिशन के कॉर्यों की प्रगति की समीक्षा की उन्होंने बैठक में उपस्थित संयुक्त सचिव मुख्य अभियन्ता और अन्य अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए

इसके लिए दोनों देशों की सैन्य ट्रकड़ियां बीकानेर पहुंच गई हैं

यह युद्धाभ्यास संयुक्त राष्ट्र नियमों के तहत अर्द्ध रेगिस्तानी इलाके की पृष्ठभूमि में आतंकवाद विरोधी अभियानों पर केन्द्रित होगा अलवर में एक ट्रक की चपेट में आने से मोटरसाइकिल पर सवार दो लोगों की मौत हो गई पुलिस ने दोनों शवों को शवगृह में रखवा दिया हैं उधर राजसमंद में साकरोदा के पास ट्रेक्टर की टक्कर में एक महिला की मृत्यु हो गई पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है राजसमंद में श्री द्वारिकाधीश मंदिर की अन्नकूट लूट की परम्परा को दुबारा शुरू कराने के लिए ज्ञापन दिया गया है गौरतलब है कि राजसमंद में कांकरोली स्थित श्रीद्वारिकाधीश मंदिर में दीपावली के अगले दिन अन्नकूट लूट के दौरान हुए विवाद के बाद मंदिर प्रशासन ने अन्नकूट उत्सव के दौरान अन्नकूट लूट की परम्परा को बंद करने का निर्णय लिया था जिस पर शहर के गणमान्य व्यक्तियों द्वारा मंदिर प्रशासन के अधिकारियों को ज्ञापन देकर अन्नकूट लूट की परम्परा को फिर से शुरू करने की मांग की गई है मंदिर प्रशासन ने इस मांग पर पुनर्विचार करने का आश्वासन दिया है